यह महोत्सव भारत की स्वतंत्रता की पचहत्तरवीं जयंती के सिलसिले में सरकार द्वारा आयोजित किये जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला है इसका आयोजन जनमागीदारी की भावना से लोकपर्व के रूप में किया जाएगा इस सिलसिले में पंद्रह अगस्त दो हजार बाईस को आयोजित किये जाने वाले अमृत महोत्सव से पचहत्तर सप्ताह पहले की प्रारंभिक गतिविधियां कल से शुरू हो रही हैं प्रधानमंत्री कल अहमदाबाद में सांबरमती आश्रम से पदयात्रा को रवाना करेंगे और आजादी के अमृत महोत्सव से संबंधित प्रारम्भिक गतिविधियों का उदघाटन करेंगे केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल पचहत्तर किलोमीटर के पहले चरण की पदयात्रा का नेतृत्व करेंगे देशभर में राज्य सरकार और केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन भी कल से आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं

इन कार्यक्रमों का सिलसिला कल बारह मार्च से शुरू होगा कल से राजधानी रायपूर स्थित महंत घासीदास संग्रहालय परिसर में एक चित्र प्रदर्शनी लगाई जाएगी पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी रायपुर के अपर महानिदेशक अभिषेक दयाल ने बताया कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से स्वाधीनता संग्राम सेनानियों की जीवनगाथा चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी

इस प्रदर्शनी का आयोजन भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय और प्रादेशिक लोकसंपर्क कार्यालय तथा छत्तीसगढ सरकार का संस्कृति विमाग मिलकर कर रहे हैं

राजधानी रायपुर स्थित महंत घासीदास संग्रहालय में चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन कल दोपहर तीन बजे होगा कोरोना टीकाकरण छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं कल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चार सौ छप्पन नये मामले सामने आए इन्हें मिलाकर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकडा तीन लाख पंद्रह हजार के पार पहंच गया है वर्तमान में तीन हजार तीन सौ पैंतालीस मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है इस बीच रायपुर जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने प्रत्येक स्तर पर वायरस से बचाव संबंधी दिशा निर्देशों का कडाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं रायपुर भें जिला कोविड टास्क फोर्स की बैठक भें उन्होंने अधिकारियों को मैदानी स्तर पर जाकर कार्य करने और कोरोना संक्रमित मरीजों के संपर्क में आने वालों की पहचान का कार्य प्रभावी रूप से करने को कहा जिला कलेक्टर ने यह भी कहा कि मास्क के इस्तेमाल नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी कोरोना संक्रमण से बचाव संबंधी निर्देशों का पालन नहीं करने वालों पर प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए हैं बठेना कांड मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुलिस को दुर्ग जिले के बठेना गांव में पिछले दिनों एक ही परिवार के पांच लोगों की मत्य के मामले की सघन जांच करने के निर्देश दिए हैं श्री बघेल ने आज बठेना गांव पहंचकर मतको के परिजनों से भेंट की उन्होंने परिजनों को सहायता राशि के रूप में पांच लाख रूपये देने की घोषणा की इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ दुर्ग रेंज के पुलिस महानिरीक्षक विवेकानंद सिन्हा और जिले के पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर भी मौजूद थे गौरतलब है कि बीते छह मार्च को बठेना गांव में एक ही परिवार के पांच लोगों के शव संदिग्घ अवस्था में मिले थे अवैध शराब कार्रवाई रायपुर के उरकुरा में कल बड़ी मात्रा में पकड़ी गई अवैध शराब के मामले में दो आबकारी अधिकारी लाइन अटैच कर ँदिए गए हैं वहीं आबकारी और पुलिस की टीम संबंधित शराब कंपनी के खिलाफ जांच में लगी है आबकारी विभाग के अनुसार बरामद की गई अधिकांश शराब ओडिशा में संचालित कंपनियों की है गौरतलब है कि पुलिस और आबकारी विमाग की टीम ने बीती रात उरकुरा के एक गोदाम में अवैध रूप से रखी गई पांच सौ पेटी शराब बरामद की थी जिसकी अनुमानित कीमत करीब तीस लाख रूपये है बीती रात ही पूलिस विभाग ने इस मामले में खमतराई थाने के टीआई को लाइन अटैच कर दिया था

राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के सभी शिवालयों में सुबह से ही जलाभिषेक और पूजा अर्चना के लिए श्रद्वालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने नदियों में पृण्य स्नान भी किया राज्यपाल अनुसुईया उइके महाशिवरांत्रि के मौके पर आज नवागांव स्थित श्री विश्वनाथ मंदिर पहुंची और वहां पूजा अर्चना की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी आज रायपूर के महादेवघाट स्थित हटकेश्वर महादेव मंदिर और अमनपुर विकासखंड के सारखी गांव स्थित सरखेश्वरनाथ मंदिर में पुजा अर्चना की वहीं महासमुंद जिले के सिरपुर स्थित गंधेश्वरनाथ महादेव मंदिर बिलासपुर जिले के रतनपुर स्थित वदेश्वर महादेव के प्राचीन मंदिर और जगदलपुर शहर में इंद्रावती नदी के किनारे स्थित महादेवघाट के शिव मंदिर सहित अन्य शिवालयों में आज सुबह से ही भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना और अभिषेक का सिलसिला जारी है मूंगेली के मल्हापारा स्थित शिव मंदिर से हर्राघाट तक शिव बारात निकाली गई जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालू शामिल हुए वहीं राजनांदगांव के शिवनाथ नदी के तट पर स्थित शिव मंदिर में आज जलाभिषेक और रूद्राभिषेक के कार्यक्रम हुए इस मौके पर शहर के गुरूनानक चौक से बाबा महाकाल की झांकी भी निकाली गई इस शोभायात्रा में लोक नर्तक दलों ने राउत नाचा और पंथी नृत्य करते हुए शहर का भ्रमण किया वहीं महानदी पैरी और सोंदूर नदियों के त्रिवेणी संगम पर आयोजित राजिम माघी पुन्नी मेले का भी आज समापन हो रहा है आज सबह महाशिवरात्रि के अवसर पर माघी पन्नी मेले में अंतिम शाही स्नान किया गया साधु संतों ने शाही स्नान को बाद भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की

महोत्सव में स्थानीय और रंगमंच के कलाकारों द्वारा आज सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी उधर जगदलपुर में आयोजित किए जा रहे तीन दिवसीय चित्रकोट महोत्सव का आज समापन हो रहा है इस महोत्सव के दौरान बस्तर संभाग के लोक नर्तक दलों ने आकर्षक प्रस्तुतियां दीं इस दौरान धूरवा मडई नाव गेड़ी नृत्य और गौर नृत्य की प्रस्तुति ने दर्शकों का मन मोह लिया इधर महासमुंद जिले के सिरपुर में पुरखा के सुरता के तहत अंतर्राष्ट्रीय सिरपुर बौद्ध महोत्सव और शोध संगोष्ठी का आयोजन कल बारह मार्च से किया जाएगा इनमें धम्म कला स्थापित शिक्षा संस्कृति साहित्य समाज और इतिहास पर केंद्रित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा इस समारोह में देश और दुनिया के प्रसिद्ध विद्वान भाषाविद प्ररातत्वविद इतिहासकार पत्रकार लेखक शोधकर्ता प्रोफेसर साहित्यकार और बुद्विजीवियों का प्रबोधन सत्र भी होगा रोड सेफ्टी क्रिकेट टूर्नामेंट राजधानी रायपुर के शहीद वीरनारायण अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज टी ट्वेटी क्रिकेट प्रतियोगिता में आज इंग्लैण्ड का मुकाबला साउथ अफ्रीका लीजेंडस से हो रहा है इससे पहले कल शाम खेले गए एक अन्य मैच में श्रीलंका लीजेंड्स ने बांग्लोदश लीजेंड्स को बयालीस रनों से पराजित किया संक्षिप्त समाचार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रजापिता ब्रम्हाकूमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका दादी हृदयमोहिनी जी के निधन पर दुख प्रकट किया है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत दूर्ग जिले ने दस हजार से अधिक लोगों को सौ दिनों से ऊपर का रोजगार देकर रिकॉर्ड कायम किया है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल जज की मुख्य परीक्षा आगामी बाईस मार्च को आयोजित की जाएगी कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कनिष्ठ अभियंता सिविल विद्युत यांत्रिक मात्रा सर्वेक्षण और संविदा परीक्षा आगामी इक्कीस मार्च को सुबह दस से दोपहर बारह बजे तक आर्योजित होगी बीजापुर जिले के भैरमगढ़ थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है इस मुठभेड़ में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है बलौदाबाजार मार्ग के रायपुर सकरी बायपास के पास बीती रात हुई सड़क दुर्घटना में पलारी थाने में पदस्थ एक एएसआई की मृत्यु हो गई महासमुंद पुलिस ने पिथौरा में तलाशी अभियान के दौरान छह किलो गांजा के साथ दो युवकों को गिरफ्तार किया है